हरियाणा के उठ्व्योग मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि सूक्षम लघु मध्यम नीति यानि एम एस एस ई हरियाणा में स्टार्टअप तथा इन्ब्रेकेशन सपोर्ट के माध्यम से उदयमिता को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगी इसके अलावा फार्मास्यूटिकल नीति लागू होने से राज्य दवा आयोग का हब साबित होगा मंत्रिमंडल की बैठक में एमएसएमई तथा फार्मास्यूटिकल नीति को मंजूरी से जहां उदयोगों को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं लाखों य्वाओं के लिये रोज़गर के नये अवसर सृजित होंगे

नृत्य कला श्रेणी में नौ कलाकार और रंगमंच की श्रेणी से नौ कलाकार को पुरस्कृत किया गया जबकि पारस्पिरक लोक और जनजातीय संगीत श्रेणी के दस कलाकारों को ये सम्मान दिया गया

केन्द्रीय आय्ष मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक ने आज कहा कि उनका मंत्रालय दवाओं की ऐसी स्वदेशी प्रणाली बनाने पर काम कर रहा है जो लोगों को सस्ते दामों पर उपलब्ध हो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में आय्ष को प्राथमिकता दी जायेगी विभिन्न राज्यो के आय्ष मंत्रियों के चौथे सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दवाओं की वैज्ञानिक प्रणाली प्रचलित मेडीकल प्रणाली की प्रभावी तरीके से जगह लेने में मुख्य भूमिका निभा सकती है क्योंकि देश की सभी मेडीकल सम्बधी जरूरतों को कोई एक ही प्रणाली पूरा नहीं कर सकती

केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में कहा कि ऐम्स का ऐलान हो च्का है उन्होंने जनसभा में मौजदू अनशन कारी महिलाओं व प्रूषों को अपने हाथों से लडड् खिलाकर उनका अनशन त्ड़वाया जो एम्स निर्माण के लिये संघर्ष कर रहे थे भावांतर भरपाई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने अढ़ाई करोड़ रूपये से एक हजार चार सौ तेईस किसानों को आलू उत्पादन के अन्मान की भरपाई की कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने पंचक्ला में कहा कि भावांतर भरपाई योजना गत वर्ष आरंभ की थी जिसके तहत आलू प्याज फूल गोभी व टमाटर के लिया गया था पंचकूला स्थित किसान भवन में कृषि सांख्यिकी सुधार पर दवितीय राष्ट्रीय कार्यशाला में कृषि मंत्री ने बताया कि शुरूआत में पूरे प्रदेश में एक दाम था परन्त् उसमें आयी समस्याओं के चलते इसे क्छ मंडियों के कल्स्टर तक सीमित किया गया जिसमें किसानों को अधिक लाभ मिला हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवर पाल ने जींद के नवनिर्वाचित विधायक डॉ॰कृष्ण मिड् ा को विधानसभा में विधिवित रूप से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई

उन्होंने कहा कि मैं पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगा ताकि जींद को विकास के नाते लाभ मिल सके इनैलो के नरवाना विधानसभा से विधायक पिर्थी नंबरदार जन नायक जनता दल पार्टी में शामिल हो गये है हिसार से सांसद द्वष्यंत चौटाला के आवास पर वे जे जे पी में शामिल हो गये इस मौके पर सांसद द्वष्यंत चौटला ने उन्हें पार्टी का झंडा देकर सम्मानित किया विधायक पिरथी ने कहा कि वे जे जे पी के लिये काम करेंगे इस मौके पर उकलाना से विधायक अनूप धानक दादरी से विधायक राजदीप फोगाट डबवाली से विधायक नैना सिंह मौजूद थे

एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि सहकारी चीनी मिल शाहबाद ने इकतीस लाख बतीस हजार क्विंटल गन्ने की पिराई करके लगभग तीन लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है

इनमे से चार मुकदमों का निपटान करते हये छोटे अपराधों में शामिल पांच बंदियों को रिहा करने के आदेश जारी किए श्री दानिश गुप्ता ने बताया कि लोक अदालते सस्ते और शीघ्र न्याय का सबसे बेहतर माध्यम है अम्बाला एयर फोर्स स्टेशन में दस फरवरी को संत नागा बाबा मेले का आयोजन किया जायेगा ये मेला प्रात साढ़े सात बजे से शाम चार बजे चलेगा गौरतलब है कि कई दशकों से एयर फोर्स स्टेशन अम्बाला छावनी में संत नागा बाबा मेले का आयोजन किया जाता है

अभियान के लिये उपाय्क्त ने स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों सहित सभी को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने को कहा आज शाम जगाधरी के खदरी ब्रुडिया इलाके में करीब आधा घंटा तेज बरसात हई खदरी इलाके में कुछ देर के लिए ओलावृष्टि भी हई